उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिये नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया है इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना करना भी है

सभी स्तरों पर खेलों को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आभार प्रकट करते हुए कहा है कि पार्टी कार्यसमिति में बुद्धिमता भरा फैसला किया है श्री सिंह ने आज एक टवीट में कहा कि हम सभी उनके साथ हैं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी श्रीमति गांधी को पार्टी अध्यक्ष चुने जाने पर इसे गौरव की बात बताया है उन्होंने कहा कि यह खेद की बात है कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इस्तीफे के फैसले पर अड़े हुए हैं हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अब उन दोनों के संयुक्त नेतृत्व में काम करेंगे पौधरोपण प्रदेश में अगले साल तक एक हजार एकड़ और पाँच साल में दस हजार एकड़ में अल्ट्रा हाईडेंसिटी के आम और संतरे के पौधे लगाए जाएंगे इससे अगले तीन साल में प्रति वर्ष प्रति एकड़ किसानों को एक से डेढ़ लाख रुपए की आय का अनुमान है मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कल निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हई बैठक में यह निर्णय लिया मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयानिकी फसलों को बढ़ावा देकर हम किसानों की आय को दोगुना कर पाएंगे इसके लिए जरूरी है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें जहाँ पर उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा सकता है राज्य के हरदा होशंगाबाद बैतूल मंडला डिंडौरी जिले में आम और आगर मालवा शाजापुर एवं छिंदवाड़ा जिले में संतरे की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा

इनमें बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम बैंड प्रस्तुतियाँ और कवि सम्मेलन शामिल हैं

खास बात यह भी है कि राज्यपाल लालजी टंडन का प्रदेश में यह पहला स्वतंत्रता दिवस है और इसी दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जायेगा इस मौके पर आम नागरिकों के लिए राजभवन खुला रहेगा इस दौरान नागरिक राजभवन की भव्य विद्युत सज्जा और स्वतंत्रता संघर्ष पर आधारित प्रदर्शनी देख सकेंगे

अच्छी खबर में आप रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है किकेट भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा

इससे पहले गुयाना में गुरुवार को खेला गया पहला वनडे बारिश की वजह से रद्द हो गया था मौसम बारिश प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से जारी बारिश का दौर थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है ज्यादातर बड़े बांधों के गेट खुलने से बाढ़ का पानी भी अब कम होने लगा है और जनजीवन सामान्य होने लगा है हालांकि कई नदियां अब भी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं राजधानी भोपाल में भी आज सुबह से धूप खिली हुई है नगर में कल देर रात कुछ देर के लिये तेज हवाओं के साथ बारिश हुई कल सुबह भदभदा बांध के दो गेट खोले गये थे जिससे करीब तीन घंटे तक पानी छोड़ा गया मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश पर बना वर्षा का सिस्टम उत्तर गुजरात और दक्षिणी राजस्थान पर सिफ्ट हो गया है

इसमें राधा कृष्ण और गोपियों की परम्परा का निर्वहन किया जाता है

कल नर्मदा में स्नान कर जलाभिषेक होगा साथ ही महिलाओं द्वारा कांवड़ यात्रा भी निकाली जाएगी

इसमें नगर और अन्य प्रदेशों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे